राज्य के अंदर एक सितंबर से शर्तो के साथ सार्वजनिक बस परिचालन सेवा शुरू करने की राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है परिवहन विभाग ने बसों के परिचालन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं इसके तहत कल क्षमता का पचास प्रतिशत यात्रियों के साथ बसे चलाने की अनुमति दी गई है बसों में अनिवार्य रुप से सुचना यात्री पंजी रखनी होगी जिसमें यात्रियों की पुरी जानकारी होगी सभी बसे परमिट प्राप्त रूटों पर ही चलाई जाएगी और निर्धारित पड़ाव पर ही रुकेंगी यात्रियों के साथ ड्राइवर खलासी को फेस कवर या मास्क पहनना जरूरी होगा बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग भी अनिवार्य रूप से की जाएगी कोरोना संक्रमितों और जिनकी कोरोना जांच हई है उनकी रिपोर्ट आने तक यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी यात्रा को दौरान धुम्रपान के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी हर यात्रा के बाद बसों को सैनिटाइज करना होगा

राज्य में कोरोना संक्रमण के अबतक कल पैंतीस हजार आठ सौ तेरह मामले सामने आ चुके हैं इनमें पन्द्रह हजार नौ सौ चौहत्तर संक्रमित सिर्फ रांची पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले से मिले हैं यह क्ल संक्रमितों का लगभग चौवालीस दशमलव छह शून्य प्रतिशत है वहीं चौबीस हजार एक सौ अड़तीस लोग कोरोना को मात दे चुके हैं फिलहाल ग्यारह हजार दो सौ छियासी सक्रिय मामले हैं जबकि तीन सौ नवासी लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर सडसठ प्रतिशत से ज्यादा हो गई है स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा सात हजार छह मामले रांची जिले से मिले हैं पूर्वी सिंहमूम से छह हजार एक सौ तीस और धनबाद से दो हजार आठ सौ अड़तीस कोरोना संक्रमित मिले हैं कोरोना से स्वस्थ होने वाले सबसे ज्यादा तीन हजार आठ सौ नौ लोग रांची जिले के हैं वहीं पूर्वी सिंहभूम से सबसे ज्यादा एक सौ सड़सठ संक्रमितों की मौत हुई है जबकि रांची में मृतकों की कुल संख्या उनसठ है गिरिडीह जिला प्रशासन ने आज उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज को चौदह दिनों के कोरेन्टीन में भेज दिया है सांसद गिरिडीह में एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सड़क मार्ग से वापस जा रहे थे इसी क्रम में प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया गया और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत क्वारेंटाइन में भेज दिया गया

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में पल्मोनरी मेडिसिन के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ तन्मय तालुकदार चर्चा में भाग लेंगे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

राज्यपाल द्रौपदी मुर्म मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने राज्यवासियों को इस पर्व की श्भकामनाएं दी हैं इधर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें करमा पर्व की बधाई दी और उन्हें तीस सितंबर तक लॉकडाउन बढाने के साथ कुछ और क्षेत्रों में छट दिए जाने की जानकारी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कृषि में आत्म निर्भरता केवल खाद्यान्नों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें गांवों की समुचित अर्थव्यवस्था भी शामिल है प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस को जरिये रानी लक्ष्मीसबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के महाविद्यालय और प्रशासनिक भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना देश तथा दुनिया में इनका विपणन करना और किसानों को उद्यमी बनाना है श्री मोदी ने कहा कि स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर कृषि को एक विषय के रूप में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं इधर रामगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रगतिशील किसानों में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना

इसे आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा

आकाशवाणी डी डी न्यू ज पी एम ओ और सुचना तथा प्रसार मंत्रालय के यु ट्युब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी हिंदी में इस कार्यक्रम के प्रसारण के तत्काल बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा केंद्र ने राज्यों को चालू वित्त वर्ष के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की जरूरत पूरी करने के लिए ऋण के दो विकल्प बताए हैं

राज्यों से इस बारे में सात कार्य दिवसों के भीतर सुझाव देने को कहा गया है इस संबंध में हर तरह के मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए केंद्रीय वित्त सचिव तथा व्यय सचिव की मंगलवार को राज्य वित्त सचिवों के साथ बैठक होगी

उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक खेल पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किये श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र के लोगों की भागीदारी से खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सकता है

बाजार में इस गांजे की कीमत लगभग छह लाख रूपये आंकी गयी है गुमला जिले के रायडीह थाना स्थित पतराटोली में एक घर से सगे भाईयों का शव पुलिस ने बरामद किए हैं

इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर कार्रवाई कर रही है संक्षिप्त खबरें जामताड़ा जिले में पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को पकड़ा है